् भारत ने जम्मू के नगरोटा मुठभेड के सिलसिले में किया विरोध दर्ज पाकिस्तान उच्चायोग के कार्यवाहक राजदूत को तलब किया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

मास्क पहनें दो गज़ की दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें

चुनाव प्रचार के लिए अब प्रत्याशी केवल घर घर जाकर मतदाताओं से संपर्क कर सकेंगे इससे पहले आज भाजपा और कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे केन्द्रीय कृषि राज्यमंत्री कैलाश चौधरी ने बाडमेर जिले के बायत क्षेत्र के गांवों में भाजपा प्रत्याशियों के लिये चुनाव प्रचार किया उच्च शिक्षा मंत्री भंवरसिंह भाटी ने बीकानेर में कोलायत क्षेत्र को विभिन्न ग्रामीण इलाकों में पंचायत समिति और जिला परिषद चुनाव के लिये सघन संपर्क किया प्रतापगढ में पूर्व मंत्री भाजपा के चुन्नीलाल गरासिया ने पार्टी उम्मीदवारों के समर्थन में गांवों का सघन दौरा दिया पहले चरण के मतदान के लिये बूंदी में कल मतदान दलों को दूसरा प्रशिक्षण देकर मतदान केन्द्रों के लिये रवाना किया जायेगा

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर श्री मेघवाल के जल्दी स्वस्थ होने कामना की है

इस दौरान रैली आमसभा और धरने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा दूसरी ओर प्रदेश में कोरोना संकमण रोकने के लिये चलाये जो रहे नो मास्क नो एन्ट्री अभियान के तहत श्रीगंगानगर में स्काउट गाइड की ओर से घर घर जाकर नो मास्क नो एन्ट्री के पोस्टर चिपकाये जा रहे हैं और लोगों को मास्क लगाने से होने वाले फायदों की जानकारी दी जा रही है बूंदी में भी नगर परिषद की ओर से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के साथ मिलकर रैली निकाली गई और मास्क बॉटे गये इसी उददेश्य को लेकर भरतपुर में आज लोहागढ स्टेडियम से मैराथन दौड़ और जागरूकता रैली निकाली गई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

आज गुजरात के गांधीनगर में पंडित दीन दयाल पेट्रोलियम विश्वविद्यालय के आठवें दीक्षान्त समारोह को वीडियो कांफ्रेस के जरिये संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत अपने कार्बन फूटप्रिंट में काफी कमी लाने का प्रयास कर रहा है

प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपनी जिम्मेदारी की भावना को नये अवसरों में बदलें उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ आगे ही नहीं बढना है बल्कि सबसे आगे और सबसे तेज रहना है प्रधानमंत्री ने कहा कि आज अनुसंधान से लेकर उत्पादन क्षेत्र में युवाओं के लिए अवसर ही अवसर हैं

विदेश मंत्रालय ने इस संबंध में नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग के कार्यवाहक राजदूत को तलब किया

इस मुठभेड में जैश ए मोहम्मद के चार आतंकी मारे गये थे विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ लडाई में अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक एहतियाती उपाय करने के लिए प्रतिबद्ध है

प्रधानमंत्री ने इसके लिए श्रोताओं से सुझाव मांगे हैं